वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेश के अनुरूप इसका अंतिम फैसला आने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के तहत आज से देशमर में ई वे बिल व्यवस्था लागू होने जा रही है

सरकार इसे टैक्स चोरी रोकने और टैक्स क्लेक्शन बढ़ाने के उपाय के तौर पर पेश रही है अभी ज्यादातर कारोबार नकद में होता है ई वे बिल में ऐसा कारोबार हिसाब में आयेगा और जीएसटी लगने से टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है प्रदेश में अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज दो लागू करने की तैयारी है पीएमजीएसवाई एक में ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है वहीं पीएमजीएसवाई दो के तहत हिमाचल में इन बनी हुई सड़कों को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि शुरूआती जांच से पता चला है कि दसवीं के गणित के पर्चे केवल दिल्ली और हरियाणा में लीक हुए थे इसलिए केवल राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र और हरियाणा में दसवीं के गणित की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी

प्रशासन के आदेश के अनुसार इन स्थानों में वाहनों के यू टर्न पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि ये बदलाव यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है

अमर उजाला दलाईलामा के हवाले से लिखता है भारत और चीन भाई माई पंजाब केसरी का शीर्षक है एक चेले के रूप में तिब्बत सदैव भारत का ऋणी रहेगा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पास आएं भारत चीन तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा का माहशक्तियों से खीचंतान छोड़ने का आग्रह अजीत समाचार लिखता है तिब्बती समुदाय चीन के खिलाफ नहीं

पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिली सौगात आज से नई घोषणाओं पर होगा अमल आपका फैसला का कहना है प्रदेश में हजारों अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद गुड़िया प्रकरण से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण के शब्द हैं सीबीआई ने हिरासत में लिए दो युवक हत्या आरोपितों को पकड़ने के लिए चार स्थानों पर दी दबिश

अखबार की एक अन्य खबर है खेल विघेयक का भाजपा ने किया था विरोध अब इसे वापस लेगी सरकार कैबिनेट में फैसले से पहले विधि विभाग से मांगी राय दिव्य हिमाचल के मुताबिक शिक्षक तबादलों की नई व्यवस्था पर पसोपेश जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है शिक्षक तबादलों पर लगेगी अब नई शर्त ट्रांसफर के बाद भी आरटीई कंप्लायंट है स्कूल यह प्रमाण पत्र देना होगा अखबार की एक अन्य खबर है टीसीपी एक्ट पर फिर हाईकोर्ट गई सरकार संशोधित अधिनियम को निरस्त करने पर पुनर्विचार करे कोर्ट

सरकार ने भी आग से निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं